राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन में हए एक सादे समारोह में इन मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई नए मंत्रियों में सिरमौर जिले में पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी कांगड़ा जिले में नुरपूर के विधायक राकेश पठानिया और बिलासपुर जिले में घुमारवी के विधायक राजेंद्र गर्ग शामिल है इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित मंत्रिमंडल के अनेक सदस्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौजूद थे मुख्यमंत्री इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि नए मंत्रियों को विभागों का आबंटन कर दिया जाएगा और विभागों में फेरबदल भी होगा शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या पूरी हो गई है और सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल को संतुलित बताया

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोरोना का प्रभाव कम होता है तो सरकार जल्द ही इस पर विचार करेगी कोरोना अपडेट प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है

ये दिशा निर्देश पहली अगस्त से लागू होंगे राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं रात के समय लोगों के आने जाने के प्रतिबंधों को हटा लिया जाएगा पांच अगस्त से योग और जिम जैसे संस्थान खोले जा सकते हैं लेकिन इनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा

मेटरो रेल सिनेमा हाल मनोरंजन पार्क थियेटर और बार के अलावा अन्य गतिविधियों को कंटनेमेंट क्षेत्रों के बाहर अनुमति होगी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश स्थिति के आकलन के अनुसार कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं

वित्त मंत्रालय ने कल इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है आत्मनिर्भर चंबा जिला के उपायुक्त विवेक भाटिया ने युवा वर्ग से केंद्र व प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया है चंबा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ उठाकर युवा वर्ग आत्मनिर्भर बन सकता है जिसके लिए जिला उद्योग विभाग भी हर संभव मदद कर रहा है

जागरूकता कुल्लू ज़िला की ग्राम पंचायत ओल्ड मनाली में वर्ल्ड डे अगेन्स्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सनस मनाया गया जिला व सत्र न्यायाधीश विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रेन्द्र वैद्य और विधिक सेवाएं प्राधिकरण के ज़िला सचिव अनिल शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान लोगों को डिजिटल माध्यम से उनके कानूनी अधिकारों व नालसा की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के जरिए लोगों को राज्य व केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से भी अवगत करवाया गया मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रूक रूक कर जारी है